एक सप्ताह के दौरान कोविड संक्रमण के मामलों में चार ग्रणा से अधिक बढ़ोतरी

नवादा जहरीली शराब कांड में कार्रवाई का सिलसिला जारी

और पछ्आ हवा चलने से प्रदेश में गर्मी में तेजी से बढ़ोतरी

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से प्रदेश में कोविड उन्नीस से संक्रमण में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है पिछले चौबीस घंटों के दौरान तीन हजार सात सौ से अधिक संक्रमण के नये मामले सामने आये हैं राज्य में इस महामारी से अभी लगभग पंद्रह हजार लोग संक्रमित हैं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरोना महामारी की दूसरी लहर में पिछले एक सप्ताह के दौरान मामलों में चार गुणा से अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गयी है सबसे अधिक संक्रमण के मामले पटना जिले में दर्ज किये गये हैं जिले में संक्रमित लोगों की कुल संख्या पांच हजार आठ सौ से अधिक है इधर महाराष्ट्र से आने वाली रेलगाड़ियों के यात्रियों की पटना और अन्य स्टेशनों पर पहुंचने पर कोविड जांच की जा रही है कल पटना जंक्शन पर तीन रेलगाड़ियों में यात्रियों की जांच के दौरान छप्पन लोग कोविड संक्रमित पाये गये वहीं पटना और दरभंगा हवाई अड्डे पर भी कोविड जांच के प्रबंध किये गये हैं नालंदा जिले में कोविड संक्रमण से दो महिलाओं की मृत्यु हो गयी है दोनों का इलाज वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान पावाप्री में चल रहा था इधर दरभंगा जिले के सीएम साइंस कॉलेज में एक कर्मी के संक्रमित के पाये जाने के बाद सभी कर्मियों को अगले बहत्तर घंटे के लिये क्वारेनटाईन कर दिया गया है पूर्व मध्य रेलवे ने कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेल जोन के अंतर्गत सभी स्टेशनों पर हाई अलर्ट पर रखा है हमारे संवाददाता ने बताया कि समस्तीपुर रेल मंडल में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों की कोविड जांच के लिये विशेष केन्द्र बनाये गये हैं महाराष्ट्र दिल्ली और पंजाब सहित अन्य राज्यों से पहुंचने वाले रेल यात्रियों की स्टेशन पर ही जांच की जा रही है पटना जंक्शन पर मुंबई के कुर्ला से आ रही ट्रेन के पांच सौ संतानवे यात्रियों की जांच की गयी जिसमें से बाईस संक्रमित पाये गये हैं वहीं मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल से दानापुर पहुंची विशेष ट्रेन में जांच के दौरान तेरह यात्री संक्रमित पाये गये सभी संक्रमितों को होटल पाटिलपुत्र अशोक पटना में कोविड देखभाल केन्द्र में रखा गया है कल मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से एक विशेष ट्रेन के समस्तीपुर पहुंचने पर यात्रियों की जांच की गयी इसमें तीन लोग कोविड संक्रमित पाये गये हैं इधर सीतामढ़ी जंक्शन पर यात्रियों की जांच के क्रम में छह लोग कोविड संक्रमित पाये गये सभी को बेहतर इलाज के लिये कोविड डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर भेज दिया गया है प्रदेश में टीका उत्सव अभियान के तहत पात्र लोगों को कोविड के टीके दिये जा रहे हैं प्रदेश में टीका उत्सव के पहले दिन कल दो लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाये गये प्रदेश में अब तक पचास लाख से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें पहली खुराक पाने वाले लाभार्थियों की संख्या चौवालीस लाख जबकि दूसरी खुराक पाने वालों की संख्या छह लाख एक हजार से अधिक है प्राप्त जानकारी के अनुसार पैंतालीस से उनसठ वर्ष आयु के बारह लाख छप्पन हजार पांच सौ अठारह लोगों को टीके की पहली खुराक दी गयी है वहीं साठ वर्ष से अधिक उम्र के चौबीस लाख दस हजार लाभार्थियों को टीके की पहली खुराक दी गयी है टीका उत्सव की शुरूआत कल महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती से शुरू हुई थी और यह चौदह अप्रैल को बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती तक जारी रहेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अभियान को कोरोना के खिलाफ दूसरे महासंग्राम की संज्ञा दी है उन्होंने चार सिद्धांतों का पालन करने की अपील की

म्बी व्दम ैअम व्दम यानी मै खुद भी मास्क पहनूं और इस तरह स्वयं को भी सुरक्षित करूं और दूसरों को भी सुरक्षित करूं इस पर दल देना है और चौथी अहम बात यह कि किसी को कोरोना होने की स्थिति में माइको कन्टेनमेंट जोन बनाने का नतत्व समाज के लोग करें जहां पर भी कोरोना का पॉजिटिव केस आया है वहां परिवार समाज के लोग माइक्रो कन्टेनमेंट जोन बनाएं

देश में अब तक दस करोड़ पैंतालीस लाख से अधिक कोविड के टीके लगाये जा चुके हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार व्यापक टीकाकरण अभियान टीका उत्सव के पहले दिन कल उनतीस लाख तैंतीस हजार से अधिक कोविड के टीके लगाये गये वहीं पिछले चौबीस घंटों के दौरान देश भर में एक लाख अड़सठ हजार से अधिक कोविड के नये मामले सामने आये कोविड से ठीक होने की दर घटकर नवासी दशमलव आठ छह प्रतिशत हो गई है देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या बारह लाख से अधिक है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टर नीरज निश्चल ने आकाशवाणी से बातचीत में सभी पात्र लोगों को कोविड टीका लेने की अपील की है उन्होंने कहा कि संक्रमण से बचाव के लिए प्राथमिकता के आधार पर टीका लेना जरूरी है साउंड बाईट जैसे जैसे केसेज बढ़ रहे हैं हमलोगों को समझने की जरूरत है कि हम कह रहे हैं कि वैक्सीन आपकी जान बचा सकता है अगर डरने की जरूरत है आप इस बीमारी से डरिए वैक्सीन से नहीं वैक्सीन सेफ और काफी इफेक्टिव है समझने की जरूरत है कि वैक्सीन का जो प्राइमरी काम है अगर बाइचांस आपको वैक्सीन लेने के बाद इनेफेक्शन हो भी गया तो किसी भी सीवियर बीमारी में कन्वर्ट होने से आपके जो बीमारियां इतने डेवलप न हो कि आपको वेंटिलेटर पर जाने की जरूरत पड़े इन सब चीजों से बचाने में आपकी मदद करता है

पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने अपने फैक्ट चेक में इस दावे को फर्जी बताया है सरकार ने सोशल मीडिया पर आयी उन खबरों को खारिज करते हुए कहा है कि कोविड से बचाव के लिये टीका लगाने के लिये केवल कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु एप के माध्यम से ही पंजीकरण कराये जा सकते हैं प्रदेश के साथ देश भर में कहीं से भी पवित्र माह रमजान का चांद देखे जाने की सूचना अब तक नहीं मिली है काजी ए शरियत मरकजी दारूल कजा इमारत ए शरिया बिहार ओडिशा झारखंड मौलाना मोहम्मद अंजार आलम कासमी और खानकाह मुजीबिया फुलवारीशरीफ के मौलाना सैयद शाह मोहम्मद मिनहाजुद्दीन मोजीबी कादरी ने कहा है कि अभी तक कहीं से चांद देखे जाने की सूचना नहीं है इमारते अहले हदीस शिया रूयते हिलाल कमिटी समेत विभिन्न इस्लामिक संगठनों ने भी कहीं से चांद देखे जाने की पुष्टि नहीं की है इस सिलसिले में आकाशवाणी पटना से रात दस बजे अगली सूचना प्रसारित की जायेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भूमि संबंधी विवादों को सुलझाने के लिये नये अधिकारियों को भूमि सर्वेक्षण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने आज पटना में बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिये श्री कुमार ने महिला दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों की संख्या बढ़ाने के लिये भी तेजी से कार्य करने को कहा उन्होंने दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिये जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभावों को सहने वाली गाय की नस्लों को बढ़ावा देने को कहा बैठक में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के अलावा कई विभागों के मंत्री और अधिकारी उपस्थित थे नवादा में जहरीली शराब पीने से लगभग पंद्रह लोगों की मौत के मामले में आज कौआकोल के थानाध्यक्ष मनोज कुमार और एक अवर निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है पुलिस अधीक्षक सायली धुरत ने लापरवाही के आरोप में अब तक चार थानाध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई की है गौरतलब है कि इससे पहले नवादा नगर थानाध्यक्ष टीएन तिवारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गयी थी और पकड़ीबरावां के थानाध्यक्ष सरफराज आलम को लाईन हाजिर कर दिया गया था पुलिस अधीक्षक ने इसके अलावा विभिन्न थानों में लंबे समय से जमे कई पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया है राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर भागों में मौसम श्रष्क बना हुआ है अधिकतर स्थानों पर तापमान में वृद्धि दर्ज की गयी है बक्सर आज राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान चालीस दशमलव सात डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया इधर मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले दो दिनों तक तापमान में बढ़ोतरी जारी रहेगी कई स्थानों पर तेज पछुआ हवा के चलने से लू जैसी स्थिति बन सकती है मौसम वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि पटना सहित आसपास के जिलों में तापमान में सामान्य से एक से दो डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है

पंद्रह अप्रैल से राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है इस दौरान पटना गया नालंदा शेखपुरा लखीसराय बेगूसराय और नवादा जिले में तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है जबकि कटिहार भागलपुर मुंगेर खगड़िया और जमुई में भी गरज के साथ बारिश होने की संभावना है डीएमसीएच दरभंगा में एक कोविड मरीज की मृत्यु के बाद परिजनों द्वारा की गयी तोड़फोड़ के बाद अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गयी है जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने आज अस्पताल के सभी वार्ड के साथ ही अस्पताल में चिकित्सा सुविधा का जायजा लिया उन्होंने अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था में व्यापक सुधार लाने के निर्देश दिये हैं साथ ही स्वास्थ्य प्रबंधकों की आठ आठ घंटे की ड्यूटी लगाने को कहा राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद ने प्रदेश में इथेनॉल उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिये तीन निवेश प्रस्तावों को प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदान कर दी है एसआईपीबी की सहमति के बाद राज्य के मधुबनी गोपालगंज और मोतिहारी में छह सौ पचास करोड़ के निवेश से इथेनॉल उत्पादन इकाई लगाने का मार्ग खुल गया है प्रथम चरण के क्लीयरेंस के बाद अब ये इकाईयां श्रम प्रदूषण नियंत्रण पर्षद अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र और लाईसेंस के लिये आवेदन कर सकेंगी साथ ही बैंक से ऋण के लिये भी आवेदन किया जा सकेगा बेगूसराय जिले के बलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मीर अलीपुर गांव में अगलगी की घटना में दस से अधिक घर जल गये इस हादसे में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है

एक सप्ताह के दौरान कोविड संक्रमण के मामलों में चार गुणा से अधिक बढ़ोतरी

नवादा जहरीली शराब कांड में कार्रवाई का सिलसिला जारी

और पछ्आ हवा के चलने से प्रदेश में गर्मी में तेजी से बढ़ोतरी